इन संक्रमितों में से करीब पैसठ प्रति ात लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है और स्वस्थ होकर अस्पताल से घर वापस लौट चके है

सभी को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है जिले के उपायक्त उमा शंकर सिंह ने बताया कि आज जिन तिरसठ लोगों को अस्पताल से छट्टी मिली उनमें बियालीसँ क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान भूली चौदह सेन्टल अस्पताल के कोविडड वार्ड पांच निरसा पॉलिटेक्निक और एक एक एसएसएल एनटी और सदर अस्पातल में भर्ती थे वहीं रांची के रिम्स में भर्ती एक कोरोना संक्रमित मरीज का शव कोविड वार्ड के रेलिंग में फंदे से झूलता मिला दूसरे राज्यों से झारखंड में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए चौदह दिनों तक होम क्वॉरेंटाइन का अनुपालन करना आवश्यक है निर्देश का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ रांची जिला प्रशासन की सख्ती जारी है रांची जिला प्रशासन द्वारा लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है

होम क्वॉरेंटाइन का उल्लंघन करने के आरोप में सभी सात व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है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

पत्र में कहा गया है कि कृष्ठ राज्यों अथवा जिलों में स्थानीय तौर पर आवागमन पर कुछ रोक लगाई गई है जिससे राज्यों के बीच सामान और सुविधाओं के परिवहन में समस्या आ रही है साथ ही इससे आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों पर भी विपरीत असर पड रहा है

पत्र में दिशा निर्देशों के अनुसार यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इस प्रकार के प्रतिबंध न लगाए जाएं

इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से अनुरोध करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है जिन छत्तीस जातियों को केंद्रीय ओबीसी सूची में भाामिल करने का आग्रह किया गया है वे सभी जातियां राज्य में बीसी एक और बीसी दो में शामिल है लेकिन केंद्रीय ओबीसी की सूची में शामिल नहीं होने की वजह से इन्हें केंद्र सरकार और केंद्रीय उपक्रमों की नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है

श्री सोरेन ने इस संबंध में दर्ज प्राथमिकी और अभियान को वापस लेने संबंधी मंत्री परिषद के संलेख और अधिसूचना प्रारूप को अनुमोदित कर दिया है राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में पारित आदेश के आलोक में प्रवासी मजदूरो के विरुद्ध लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर दर्ज प्राथमिकी अभियोजन को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की है

श्री सोरेन ने केंद्रीय गृहमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और यहां एक बड़े क्षेत्र में जनजातीय भाषाएं प्रचलन में है ऐसे में संताली भाषा की ही तरह इन जनजातीय भाषाओं को भी आठवी अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए उन्होंने यह भी लिखा है कि झारखंड में मुंडारी हो और कुड्रख को पहले ही द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया जा चुका है मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से आग्रह किया है कि इन भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने से इनके विकास का मार्ग प्रशस्त होगा

इसमें बताया गया है कि इन दोनों संस्थानों के लिए झारखंड अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजर्मेंट इंस्टीट्यूट के परिसर में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी इससे यहां इन संस्थाओं को संचालित करने में काफी सह्लियत होगी परिसर में ही पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी और बेहतर तरीके से संस्थानों का संचालन हो सकेगा

यह दिन बुद्धि और ऋद्वि सिद्धि दाता भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है लोग अपने घरोँ में चूना मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं स्थापित करके पूजा करते हैं और दस दिन का गणेश उत्सव सम्पन्न होने पर ये प्रतिमाएं विसर्जित की जाती हैं राजधानी राँची समेत राज्यभर में भी आज विघ्नहर्ता भगवान गणेश की आराधना की जा रही वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण भक्तगण अपने अपने घरों पर ही गणपति बप्पा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा आराधना कर रहे हैं राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गणेश चतुर्थी पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं

जिले के प्रलिस उपाधीक्षक ओम प्रकाश ने बताया कि दोनों गिरफ्तार नक्सलियों ने बड़कागांव में एनटीपीसी के लिए कार्य कर रही एक कंपनी के अधिकारियों से रंगदारी की मांग की थी और रंगदारी नहीं देने पर परिणाम भूगतने की चेतावनी दी गयी थी श्री प्रकाश ने बताया कि त्रिवेणी सैनिक कंपनी के एमजीएम गोपाल सिंह की हेत्याकांड मामले में भी गिरफ्तार नक्सलियों की संलिप्तता की बात सामने आ रही है पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है चाईबासा राँची एनएच पर टेबो थाना क्षेत्र के हिरणी फॉल के पास वन विभाग और पुलिस ने छापामारी कर आज भारी मात्रा में अवैध लकड़ी से लदा एक ट्रक पकड़ा है मौके पर ट्रक के चालेक व खलासी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है जब्त लकड़ी की कीमत करीब छह लाख रुपये बतायी जा रही है

श्री तिवारी मूलत बिहार के सिवान जिले के रहने वाले हैं लेकिन चार दशक से भी ज्यादा वक्त से उनका परिवार जमशेदपुर्र में रह रहा है उन्होंने कहा कि तीरंदाजी को और लोकप्रिय बनाने के लिए नये अकादमी खोलने और प्रोफेशनल टीम तैयार किया जाना चाहिए उन्होंने आईपीएल की तीरंदाजी प्रतियोगिता कराने की सलाह दी इससे खिलाड़ी और संघ दोनों को फायदा होगा राज्य में पिछले चौबीस घंटों में मॉनसून सामान्य रहा

मौसम पूर्वान्मान में अगले चार दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने की संभावना जतायें गयी है

संक्षिप्त खबरें गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र में आज खेडुआ नदी में डूबकर एक महिला की मौत हो गयी जबकि एक किशोरी लापता है पलामू जिले में गढ़वारोड सोननगर रेलखंड पर सतबहिनी रेलवे स्टेशन के निकट रेल पटरी से आज एक पोर्टर का शव बरामद किया गया

चतरा जिले में पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से संचालित छह शराब की मइियों को ध्वस्त किया